श्री कान्ता राव ने कल भोपाल में आयोजित स्वीप पार्टनर्स की बैठक में यह निर्देश दिये

श्री कांताराव ने सामाजिक न्याय विभाग से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिये कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये

इस सूची में प्रदेश की तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने फिर गुना से उम्मीदवार बनाया है इसके अलावा पार्टी ने विदिशा से शैलेंद्र पटेल और राजगढ़ से मोना सुस्तानी को उम्मीदवार बनाया है सीहोर जिले के इछावर से पूर्व विधायक शैलेन्द्र पटेल ने आकाशवाणी संवादाता से बातचीत में कहा है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगे और जीतकर विदिशा लोकसभा में विकास की एक नई इबारत लिखेंगे

इन्दौर धार भिंड और ग्वालियर में अभी भी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाये हैं उधर भाजपा आज प्रदेश की भोपाल और इन्दौर सहित बाकी सीटो पर उम्मीद्वारों के नामों की घोषणा कर सकती है पार्टी सूत्रों के मुताबिक भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमाभारती के नामों पर चर्चा चल रही है भाजपा की बची हुई आठ सीटों के लिए मंथन चल रहा है जलियांवाला बाग आज देश अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के शहीदों के बलिदान की सौवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है

उप राष्ट्रपति एमवैकेया नायड् आज पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक में नरसंहार के शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित करेंगे वे इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश इन शहीदों का बलिदान कभी भुला नहीं पायेगा उन्होंने कहा कि यह बलिदान हमें ऐसे सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है जिस पर गर्व किया जा सके उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के अमृतसर में बने स्मारक पर जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्वांजलि दी इस मौके पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने भी स्मारक का दौरा किया इससे पहले पंजाब के राज्यपाल वीपीएस बदनोर और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में कैंडल लाइट मार्च में भाग लिया

एनसीसी ग्वालियर ग्वालियर में एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी में आज दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया परेड में देश भर के विभिन्न राज्यों से आई महिला प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया दीक्षांत परेड की समीक्षा दिल्ली एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक मेजर जनरल अजय सेठ ने की कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार प्रदान किये गये परेड के नेतृत्व के लिये कमाडेन्ट का स्वर्ण पदक पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ निदेशालय की एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेट कविता को दिया गया वहीं कनिष्ठ वर्ग की मेरिट कम में प्रथम स्थान पर रही पूनम खेदड़ को एनसीसी महानिदेशक का प्लेक आफ ऑनर और कमान्डेन्ट का स्वर्णपदक प्रदान किया गया

रामनवमी वैदिक विद्वानों और शास्त्रों के जानकारों के अनुसार आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी संयुक्ता तिथि होने से दो दिन नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है आज नवरात्रि का अष्टमी और नवमी की तिथि मानने वाले श्रद्वालुओं ने सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू कर दिया है वहीं राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर देवी जागरण कन्या भोज आदि के आयोजन किये जा रहे हैं कल भी कई स्थानों पर कन्या पूजन और भण्डारे के आयोजन होंगे टीकमगढ जिले के ओरछा धाम में आज रामनवमी श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है ओरछा के क्श नगर से शोभा यात्रा निकाली गयी इस दौरान रथ पर माता कौशल्या के साथ बाल रूप में विराजमान श्रीराम का घर घर तिलक किया गया उमरिया के उचहेरा रिथत माता मद्वलिन मंदिर में आज अठवाइन चढाने के लिये भक्तो की भारी भीड रही शहडोल जिले के अंतरा में कंकाली देवी के मंदिर में शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया है बैशाखी फसल कटाई का त्यौहार बैसाखी आज देश के उत्तरी भागों में पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में यह त्यौहार विशेष धूम धाम से मनाया जाता है इस अवसर पर लोग पावन सरोवरों और नदियों में स्नान कर रहे हैं बैसाखी पर पारम्परिक लोकनृत्यों का भी आयोजन किया जाता है

संक्षिप्त समाचार अब कुछ समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उमरिया सिंगरौली अनुपपूर और रीवा में चुनाव सभाएं करेंगे